प्रदेश में पच्चीस नवम्बर और दो दिसम्बर को होने वाली सिपाही परीक्षा रद्द

घरेलू गैस सिलेंडर दो रूपये महंगा हुआ

और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला

बिहार पूलिस और अग्निशमन सेवा में सिपाही भर्त्ती के लिए पच्चीस नवम्बर और दो दिसम्बर को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गयी है पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने बताया कि सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव होगा और इसके बाद नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे इसके बाद परीक्षाओं का आयोजन होगा उन्होंने बताया की जो अभ्यर्थी आवेदन कर चूके हैं उन पर बाद में फैसला किया जायेगा केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्त्ती द्वारा पिछले साल मई महीने में सामान्य सिपाही के नौ हजार नौ सौ और फायर मैन के एक हजार नौ सौ पैंसठ पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था घरेलू एलपीजी गैस सिंलेडर दो रूपये महंगा हो गया है सरकार द्वारा एलपीजी डीलरों के कमीशन में वूद्धि के कारण यह बढ़ोतरी की गयी है प्रदेश के सूखा प्रभावित किसानों को इस बार सत्रह हजार से तेईस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा सिंचित खेत के मालिक को तेईस हजार पांच सौ रूपये प्रति हेक्टेयर और असिंचित खेत के मालिकों को प्रति हेक्टेयर सोलह हजार आठ सौ रूपये की दर से अनुदान दिया जायेगा किसी भी किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन के लिए ही क्षतिपूर्ति की राशि मिलेगी इस राशि में कृषि इनपुट अनुदान और फसल सहायता योजना दोनों की राशि शामिल होगी आपदा की स्थिति में किसानों को पहली बार इतनी बड़ी रकम दी जा रही है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विकास पर एक सौ चौहत्तर करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने चौंसठ जलछाजन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है इससे दक्षिण बिहार के रोहतास कैमूर औरंगाबाद नवादा गया जमुई मुंगेर और बांका जिले में सिंचाई परियोजनाएं चलायी जायेगी लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि आगामी लोकसभा चूनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस अंतिम रूप से कोई निर्णय लेंगे उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ है राज्य सरकार ने पंचायत रोजगार सेवक आवास सहायक और मनरेगा कर्मियों समेत ग्रामीण विकास विभाग से जूड़े विभिन्न संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के मानदेय में पांच से लेकर तेईस हजार रूपये तक की बढ़ोतरी की गयी है कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ाकर अठारह हजार अस्सी रूपया कर दिया गया है जबकि ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को उन्नीस हजार पांच सौ बीस रूपये मिलेंगे पंचायत रोजगार सेवक और ग्रामीण आवास सहायकों को अब ग्यारह हजार आठ सौ रूपये प्रति माह मिलेंगे मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में गिरफ्तार प्रूषोत्तम लाल ने खुलासा किया है कि वर्ष दो हजार तीन से ही जबलपुर के सैन्य डिपो से हथियार निकाले जा रहे थे इसमें सेना के क्छ अधिकारी और जवान भी शामिल थे उसने पुलिस के समक्ष यह स्वीकार किया कि दो हजार तीन में वह डिपो से नौ एसएलआर राइफल निकाल कर मुंगेर में बेच चुका है पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि पूछताछ में कई नये लोगों के नाम भी सामने आये हैं जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जायेगी पछुआ हवा के कमजोर पड़ने से प्रदेश के मौसम में अचानक से बदलाव आया है मौसम विभाग के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से आ रहे बादलों और झारखंड से दक्षिणी हवा के आने से तापमान में व्रद्धि होगी पन्द्रह नवम्बर तक तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा कल नहाय खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरूआत होगी बारह नवम्बर को खरना तेरह को शाम का अर्घ्य और चौदह को प्रातःकालीन अर्घ्य होगा इधर पर्व को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है पटना के गंगा नदी के खतरनाक घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं छठ घाटों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है घाटों की सफाई युद्धस्तर पर की जा रही है वहीं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था के साथ बैरिकेडिंग भी की जा रही है इस बार पटना के छठ घाटों को मधुबनी पेंटिंग से सुसज्जित किया गया है घाटों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं छठ को लेकर वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न नदियों नहरों और तालाबों के किनारे छठ घाटों को बनाने का काम तेजी से हो रहा है प्रशासन ने छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने और गैस वाले गुब्बारे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में वॉयरोलॉजी लैब की स्थापना की जायेगी केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है अभी तक सिर्फ पटना के पीएमसीएच आरएमआरआईएमएस और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ही ऐसे लैब हैं वायरस जनित बीमारियों पर रोक लगाने के लिए इन प्रयोगशालाओं में विशेष शोध होंगे भागलपुर से झारखंड के दुमका बीच आज से नई ट्रेन का परिचालन शुरू होगा गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे दुमका में कवि गुरू एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर भागलपुर के लिए रवाना करेंगे पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के ग्यासपुर में गंगा नदी पर पीपापुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है इस पुल पर आवागमन शुरू हो जाने से पटना वैशाली और समस्तीपुर जिले की लगभग एक लाख की आबादी लाभान्वित होगी भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया मकंदपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी और तीन महीने के दो जुड़वा बच्चों की हत्या कर दी पुलिस आरोपी पति उसकी मां और छोटे भाई की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है गोपालगंज जिले के हथ्रआ थाना क्षेत्र के नयागांव और तुर्कपट्टी में तीन लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला प्रकाश में आया है स्थानीय लोगों के अनुसार इन तीनों की मौत शराब पीने से हुई है भोजपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ओवर लोडेड वाहनों के खिलाफ चलाये गये चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालकों से दो लाख रूपये की वसूली की गयी मुंगेर जिले के सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पर रामपुर मोजमा पुल के पास दो मोटरसाईकिलों के बीच हुई टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह को रंगदारी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया है मौके से रंगदारी के पचास हजार रूपये बरामद किये गये हैं छपरा मंडल कारा में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें दस कैदी घायल हो गये गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से दस हजार बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद किया है मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रो की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है सिपाही और फायरमैन की परीक्षा रद्द दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है शहरी नक्सलियों को कांग्रेस का साथ दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीवीसी के सामने फिर पेश हुये सीबीआई निदेशक वर्मा भ्रष्टाचार के आरोप नकारे प्रभात खबर लिखता है समस्तीपुर में धंसना गिरने से सोलह दबे चार की मौत राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है एक्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने लगायी रोक आज की सुर्खी है उपेन्द्र ने खोला जदयू के खिलाफ मोर्चा और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में पच्चीस नवम्बर और दो दिसम्बर को होने वाली सिपाही परीक्षा रद्द

घरेलू गैस सिलेंडर दो रूपये महंगा हुआ

और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला